वे नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि के संबंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं

उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन की अवधि के बारे में बात करेंगे

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और सोशल डिस्टैंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए जयराम ठाकुर ने क्वारंटाइन केन्द्रों में रखे गए लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए रिपोर्ट बीते कल प्रदेश में सौ नए लोगों के नमूनों की जांच की गई जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है

और अब वे स्वस्थ हैं सरकार किसान केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को सुविधा और कृषि गतिविधियों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं कृषि सहकारी और किसान कल्याण विभाग ने नष्ट होने वाले फलों सब्जियों और बीज कीटनाशक दवाइयों उर्वरक आदि राज्यों और दूसरे राज्यों के आवागमन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय कृषि ट्रांस्पोर्ट कॉल सेंटर की शुरूआत की है

भारत रत्न डॉ अंबेदकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है भारत का संविधान बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेदकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है फसल कटाई ऊना जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किसान आलू की फसल को निकालने में जुट गए हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि किसानों को कर्फ्यू में पूरी तरह छूट दी गई है और उन्हें खेत में काम करने की कोई पाबंदी नहीं है उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है और ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी उपायुक्त ने कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मजदूरों के पास जारी किए जाएंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिमाचल में लॉकडाउन बढ़ाने पर आज होगा फैसला शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पीएम मोदी के संबोधन के बाद अफसरों की बैठक लेंगे सीएम

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल में खैनी गुटखा पर प्रतिबंध कोरोना संकमण को रोकने के लिए सरकार ने लिया निर्णय दिव्य हिमाचल के शब्द हैं गुटका खैनी पर एक साल तक प्रतिबंध दैनिक जागरण का शीर्षक है फसल के लिए कफ्र्यू में छूट हिमाचल में किसी भी समय कर सकते हैं कटाई का काम शारीरिक दूरी जरूरी दैनिक भास्कर के मुताबिक किसान बागवान को छूट बिना परमिट और पास के मंडियों में ले जा सकेंगे माल शर्त सोशल डिस्टैंसिंग रखें आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है लोगों को घरों के समीप उपलब्ध करवाई जा रही हैं आवश्यक वस्तुएं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

नमस्कार